राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ता जगह जगह पर घूमते हुए बाजार और दुकानें बंद कराते देखे गए भोपाल में आज कई स्कूल और कॉलेज खुले जिसके चलते सुबह सड़कों पर बसों की आवाजाही रही प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में बंद का असर देखने को मिल रहा है यहां बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया इंदौर से सटे देवास में भी बंद का असर देखा गया ज्यादातर द्वकानदारों ने किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए अपनी द्वकानें बंद रखीं ग्वालियर में भी बंद का मिला जुला असर देखा जा रहा है

ज्यादातर स्कूलों में आज छुट्टी कर दी गई है वहीं मुरैना शिवपुरी जबलपुर कटनी राजगढ़ नरसिंहपुर रायसेन सिवनी नीमच पन्ना सीहोर सतना विदिशा में भी बंद का असर देखा जा रहा है वहीं खंडवा श्योपुर शहडोल में बंद का कोई असर नहीं है उधर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस ओर अन्य दलों के भारत बंद को जनता को भ्रमित और परेशान करने का प्रयास बताया है क्षेत्रीय सम्मेलन केन्द्रीय कार्मिक और लोक शिकायत मंत्रालय ने आज भोपाल में सुशासन पर दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है सम्मेलन का शुभारंभ प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की अपर सचिव वसुधा मिश्र ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सचिव बी चंद्रशेखर ने किया

सम्मेलन में आकांक्षी जिलों में आईसीटी शिक्षा कृषि और लोक सुशासन पर चर्चा की जा रही है पहले सत्र में राजस्थान में चल रहे प्रोजेक्ट उत्कर्ष बिहार के बांका में चल रहे प्रोजेक्ट उन्नयन छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में चल रहे शिक्षा प्रोजेक्ट की जानकारी वहां के प्रतिनिधियो ने दी सम्मेलन में पांच तकनीकी सत्र होंगे अन्य सत्रों में क्रषि और सुशासन पर चर्चा की जाएगी विद्यार्थी पुलिस केडेट योजना केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस आध्निकीकरण योजना के तहत संचालित स्टूडेंट पुलिस केडेट योजना सागर जिले में लागू की गई है

पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक में योजना के क्रियांन्वयन के लिये विचार विमर्श किया गया बैठक में पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र शुक्ला ने बताया कि इस योजना में बच्चों को पुलिस संगठन की सामान्य रूपरेखा से अवगत करवाते हुए उन्हे अनेक विषयों में प्रशिक्षण दिया जाएगा हॉकी टूर्नामेंट भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी खेल मैदान पर आज से राजमाता विजयाराजे सिंधिया महिला हॉकी प्रतियोगिता शुरू हो रही है

खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया आज शाम दूर्नामेंट का शुभारंभ करेंगी

विभाग ने अबतक पन्द्रह हजार घरों में सर्वे किया है